राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया श्री कोविंद ने कहा है कि सरकार ने नए भारत के निर्माण का सफर श्रू किया है जहां प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी सुक्विाएं मिली हैं और प्रतिष्ठा के साथ न्याय मिला है उन्होंने कहा कि आज लोग स्वस्थ सुरक्षित और रिक्षित हैं सबको तरक्की के समान अवसर मिलते हैं और हर बेटी सुरक्षित महसूस करती है राष्ट्रपति ने कहा कि इस नए भारत को पूरी दुनिया से सम्मान मिल रहा है मेरी सरकार ने कार्यभार संभालने के साथ ही एक नया भारत बनाने का संकल्प लिया एक ऐसा नया भारत जहां व्यवस्थाओं में अध्रपण्न और अर्कमण्यता न हो जहां भ्रष्टाचार न हो जहां अस्वच्छता के लिए कोई स्थान न हो पहले दिन से ही मेरी पारदर्शी सरकार का ध्येय था कि सभी देशवासियों का जीवन सुधरे राष्ट्रपति ने कहा कि देश नैतिकता और सिद्वांतों पर आधारित समावेशी समाज के निर्माण के लिए महात्मा गांधी के सपनों को साकार कर रहा है राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष आम चुनाव में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाएगा जिसमें इस सदी में जन्ने युवा मतदाता पहली बार बोट देंगे उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन विवेयक से उन लोगों को भारतीय नागरिकता हासिल करने में मदद मिलेगी जो भारत में शरण लेने के लिए विवश हुए हैं उन्होंने कहा कि सरकार अन्य बेटियों की तरह मुस्लिम बेटियों को भी समान अधिकार देने के लिए जल्द से जल्द तीन तलाक विरोधी विधेयक संसद में पास कराने के प्रयास कर रही है हमारी मुस्लिम बेटियों को डर और भय की जिंदगी से मुक्ति दिलाने तथा उन्हें अन्य बेटियों के समान जीवन जीने के अधिकार देने हेत मेरी सरकार तीन तलाक से जूड़े कानून को संसद से पारित करवाने का लगातार प्रयास कर रही है इसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाना सामाजिक न्याय के लिए मेरी सरकार की प्रतिबद्वता को दर्शाता है नागरिकों के जीवन में सुधार के लिए एनडीए सरकार के उपायों का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि स्वच्छता का दायरा वर्ष दो हजार चौदह में चालिस प्रतिशत से भी कम था जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब अन्ठानबे प्रतिशत हो गया है राष्ट्रपति ने कहा कि तेरह करोड़ घरों में रसोई गैस के कनेक्शन निःश्ल्क उपलब्ध कराए गए हैं उन्होंने कहा कि पिछले चार महीनों में दस लाख से अधिक लोगों ने आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत निःशुल्क इलाज कराया है हम इस बात से भलीमांति परिवित है कि बीमारी के इलाज का खर्च किसी गरीब परिवार को और भी गरीब बनाता है इस पीडा को समझने वाली मेरी सरकार ने पिछले वर्ष आयुष्मान भारत योजना शुरू की सिर्फ चार महीने में ही इस योजना के तहत दस लाख से ज्यादा गरीब अस्पताल में अपना इलाज करवा चुके है राष्ट्रपति ने वर्ष दो हजार बाईस तक किसानों की आय दोग्नी करने की सरकार की प्रतिबद्वता दोहराते हुए कहा कि किसानों को उत्कृष्ट बीज और मंडियों तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराई जा रही है सरकार देश के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए दिन रात प्रयत्नशील है किसानों की हर जरूरत को समझते हुए उनकी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए सरकार प्रयासरत है क्रापि उपकरण और बीज खरीदने से लेकर बाजार में क्रापि उत्पाद पहुंचाने और बेचने तक की पूरी प्रक्रिया में किसान को अधिक सुविधा और सहायता मिले ये सरकार की प्राथमिकता है राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अधिकतम लान महिलाओं को मिला है देशमर में दिए गए पन्द्रह करोड़ मुद्रा ऋणों में से तिहत्तर प्रतिशत महिला उद्यमियों को वितरित किए गए राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले साढ़े चार वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था औसतन सात दशमलव तीन प्रतिशत की दर से बढ़ी है

इस प्रदर्शनी में महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरूषों के जीवन दर्शन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान पर आघारित एक भारत स्वच्छ और सक्षम भारत का प्रदर्शन किया गया है इसमें उक्त बिन्दुओं पर सरकार की विभिन्न योजनाओं को भी नवीनतम इलेक्ट्रानिक माध्यमों से दर्शाया गया है